इसके अलावा मुख्यमंत्री पनोह टकरेड़ा तराउंत्रा घुमारवीं सड़क और लदरौर जाहू वाया हटवाड़ सड़क के स्तरोन्नयन कार्य का भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री घुमारवीं राजकीय महाविद्यालय में पुस्तकालय का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे

देश की समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने और मानवीय सहायता अभियानों में नौसेना की भूमिका को उजागर करने के लिए भी ये दिवस आयोजित किया जाता है इस उपलक्ष्य पर नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कल नई दिल्ली में बताया कि नौसेना भारतीय समुद्दी क्षेत्र को महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है और वह पारंपरिक व गैर पारंपरिक चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है अनिल शर्मा ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार पंचायतों के सुद्रढीकरण और विकास के लिए अधिक से अधिक धनराशि उपलब्ध करवा रही है उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों का आहवान किया कि वे अपनी पंचायतों में हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखें और विकास कार्य निर्धारित समय पर पूरा करना भी सुनिश्चित करें अनिल शर्मा कल मण्डी में सदर विकास खंड के तहत पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने सिरमौर के कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र में हुए जीएसटी फर्जीवाड़े की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

हिमाचल दस्तक का कहना है टैक्स विभाग के परवाणु डिवीजन की कालाअंब में बड़ी कार्रवाई दो कारोबारी अंदर वहीं दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार हिमाचल में करोड़ों का फर्जी बिल घोटाला फर्जी नाम पर बनी है कंपनियां निजी स्कूलों को देना होगा फीस चंदे व फंड का ब्यौरा शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों को दिए निर्देश इसी खबर पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है रेगुलेटरी कमीशन को दायरे में आए तीन हजार निजी स्कूल मनमानी नहीं कर सकेंगे आपका फैसला ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बयान को सुर्खी दी है मंडी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए कौल सिंह ठाकुर की पैरवी की जरूरत नहीं चंडीगढ़ बद्दी रेललाइन प्रभावितों को अपनी शर्तों पर मुआवजा देगी सरकार दिव्य हिमाचल की एक खबर है

हिमाचल दस्तक सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के हवाले से लिखता है चांदी कूटने का खेल था ठेकेदारों को स्कीमें देना कांग्रेस सरकार के समय की आईपीएच स्कीमों की होगी जांच आपका फैसला की एक खबर है विश्व बैंक की सहायता से बनेंगे प्रदेश के दो एनएच डबललेन अब एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय सावधानी जरूरी में लिखा है कि युवाओं को समझना होगा कि जीवन को खतरे में डालने को समझदारी नहीं कहा जा सकता क्षमता का आकलन करने के बाद कार्य करना बेहतर है आपका फैसला ने अपने संपादकीय में लिखा है कि देश के पहले टीबी मुक्त राज्य के लिए सरकार कुछ दिन बाद बहुत बड़ा अभियान छेड़ने वाली है जिसका मकसद लोगों को क्षय रोग की जांच व उपचार के लिए प्रेरित करना है शीर्षक है देश के पहले टीबी मुक्त राज्य के लिए अभियान

नमस्कार